फ्रांस के मेरिन्याक में पत्रकारों से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत अपनी क्षमता और रक्षा प्रणाली मंजबूत करने के लिए रक्षा उपकरण और हथियार खरीदता है किसी देश को डराने धमकाने के लिए नहीं

उन्होंने नए रफाल विमान की शस्त्र पूजा करने के बाद उसमें उड़ान भी भरी क्रेडिट देना चाहता हूं अपने प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदी को कि उनके एक डिसाइसिवनेस के कारण ही यह फैसला हो पाया और हमारे एयरफोर्स की यह कम्बेट केपेबिलिटी में यह इजाफा हुआ है मैंने स्वयं शोर्टी ली है और बहुत ही कम्फरटेबल फ्लाइट थी भारत ने उन्सठ हजार करोड़ रुपए की लागत से छत्तीस रफाल लड़ाकू विमानों के लिए सितंबर दो हजार सोलह में फ्रांस के साथ समझौता किया था ये सभी विमान सितंबर दो हजार बाईस तक मिल जाने की आशा है सूचना और प्रसारण मंत्री तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कृष्ठ बुद्विजीवियों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला चलाये जाने के लिए मोदी सरकार और भाजपा को दोषी ठहराने को निहित स्वार्थो द्वारा किया जा रहा झूठा दुष्प्रचार बताया है केन्द्र सरकार का बचाव करते हुए श्री जावड़ेकर ने कल नई दिल्ली में पीटीआई को बताया कि दिहार के एक न्यायालय के आदेश पर मामला दर्ज कराया गया और भाजपा या उससे जुड़े किसी संगठन की इसमें कोई भूमिका नहीं थी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में अपर्णा सेन अदूर गोपाला कृष्णन और रामचन्द्र गुहा समेत उन्चास बुद्दिजीवियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवाई थी इन लोगों ने देश में बढ़ती मॉब लिंचिंग घटनाओं के संदर्भ में प्रधानमंत्री को खुला पत्र लिखा था जिसके बाद कथित राष्ट्रद्रोह का ये मामला दर्ज किया गया प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह ने कहा है कि नये जम्मू कश्मीर की शुरुआत हो गई है कल शाम जम्मू में दशहरा समारोह में भाग लेने के बाद उन्होंने कहा कि इकतीस अक्टूबर के बाद जम्मू कश्मीर के हालात बदल जायेंगे और लोगों को इस बात का अहसास होगा कि वे किन किन चीजों से अब तक वंचित रहे

डॉ जितेन्द्र सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार जम्मू कश्मीर से संबंधित मसलों का बड़े ही संवेदनशील तरीके से समाधान खोजने के लिए नीतियां तैयार कर रही है केन्द्रीय कैंबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एन आर सी को लेकर भ्रम और भय का माहौल नहीं होना चाहिए उन्हॉने कहा कि किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता पर कोई खतरा नही है श्री नकवी कल रामपुर के एक गांव में ग्राम चौपाल कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हर हाल में होनी चाहिए और अवैध घुसपैठियों की पहचान की जानी चाहिए श्री नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को हटाने का ऐतिहासिक फैंसला लिया जिसका देश की जनता को सत्तर साल से इंतजार था केन्द्र सरकार ने आज अपने कर्मचारियों और पेंशनमोगियों के महंगाई भत्ते में पांच प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की है आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये बाद में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को दीपावली के अवसर पर कर्मचारियों को दिया गया सरकार का तोहफा बताया

अलीगढ़ के दौरे पर पहुंचे श्री सिंह ने आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार गरीबों और कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए कृतसंकल्प है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान व सिंगल यूज प्लास्टिक से पर्यावरण को मुक्त करने की अपील का असर मेरठ में देखने को मिला प्रधानमंत्री के संकल्प को आगे बढ़ाते हए आज यहां मित्र मंडल समिति ने रामलीला मैदान और मेला स्थल पर स्वच्छता अभियान चलाया इस दौरान मेला आयोजन समिति के सदस्यों ने नगर निगम के कर्मचारियों के साथ मिलकर मेला स्थल में फैला कचरा उठाया साथ ही मेला स्थल में प्रतिदिन साफ सफाई करने वाले स्वच्छाग्रहियों को सम्मानित भी किया गया आज विश्व डाक दिवस मनाया जा रहा है अट्ठारह सौ चौहत्तर में यूनिवर्सल पोस्टल के निर्माण की वर्षगांठ के अवसर पर तोक्यो में यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस द्वारा घोषित इस दिन को डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है विश्व डाक दिवस का उद्देश्य लोगों के रोजमर्रा के जीवन में डाक की भूमिका के साथ सामाजिक और आर्थिक विकास में इसके योगदान के प्रति जागरूकता लाना है